प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जयप्र में पत्रिका गेट के उदघाटन् अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि विद्वान वर्ग और लेखक समाज के पर्थ प्रदर्शक होते है उन्होंने कहा कि स्वंतव्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेख से लेखन से जुड़ा था प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी मे पुस्तके पढ़ने की आदत डालने का आग्रह भी किया उन्होने कहा कि एक मकान बनाते समय उससे प्स्तकों के लिए भी अलग जगह रखी जानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों की रोज़ाना क्छ न क्छ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए देश के प्राचीन साहित्य के महत्व का जिक्र करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के टैक्स्ट टवीट ओर ग्ग्ल ग्रू के य्ग में ये आवश्यक है कि नई पीढियां गंभीर ज्ञान ग्रहण करने से दूर न जायें संस्थाओं में देश की मजबूत उपस्थिति के साथ भारत की आवाज़ और भारतीय उत्पाद और वैश्विक हो रहे है उन्होंने कहा कि विश्व भारत को अब ज्यादा ध्यान से सुन रहा है हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र द्र करने के निर्देश दिए है ताकि लोगों के तत्काल कार्य हो सके उप म्ख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में रजिस्टे्रशन डीड से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को में सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपने कार्य में जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता न दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी अधिकारियों ने उप म्र्ख्यमंत्री को बताया कि रजिस्टे्रशन डीड ऑनलाइन करने के बारे में लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो तैयार की जाएगी जिससे रजिस्टरी करवाने की पूरी प्रक्रिया समझाई जायेगी यह वीडियो यू ट्यूब पर भी डाली जायेगी

इसका उपयोग विभाग के वेब पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि इससे आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें किसी भी दस्तावेज की दस्ती कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी प्रवक्ता ने बताया कि इस एप्प की वेब पोर्टल हैलरिस के साथ एकीकृति किया गया है और विभाग द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र वेब हैलरिस पर देखें जा सकेंगे आज आकाशवाणी चंडीगढ़ के अम्बाला संवाददाता की माता का निधन हो गया वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी

उनका अंतिम संस्कर कल बराला में किया जायेगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर लोगों को अपने आसपास के निरक्षर व गरीब बच्चों का साक्षर बनाने के प्रयास करने का आहवान किया है विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर जारी एक संदेश में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है ताकि वे आगे चलकर राष्ट्र को अच्छी दशा व दिशा देने में सक्षम हो पाएं उन्होंने कहा कि इसलिए पाठशालाओं में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान दिया जाना जरूरी है

श्री कंवर पाल ने लोगों से अपील की है कि वे इस बात का संकल्प लें कि देश का कोई भी बच्चा निरक्षर न रहे और यही साक्षरता दिवस मनाने का म्ख्य उद्देश्य है

इनमें हरियाणा ग्जरात राजस्थान बिहार दिल्ली और अन्य राज्य शामिल है पंजाब राजस्थान उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश प्रदेश में लोगों के कोरोना संक्रमित होने की दर पांच प्रतिशत से भी कम है मंत्रालय ने बताया कि मरीज़ों का जल्द पता लगाने और प्रभावी इलाज के लिए उठाये गये कदमों व आईसीयू डॉक्टरों के नैदानिक कौशल को बढ़ावा देने से कोविड मरीज़ों के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हई है

हरियाणा खेल एवं य्वा मामले विभाग ने सभी जिला खेल अधिकारियों को प्रत्येक गांव में एक य्वा क्लब की स्थापना किये जाने के निर्देश दिये हैं

विभाग के प्रधान सचिव श्री योगेंद्र चौधरी ने बताया की विभाग दवारा सभी जिला खेल अधिकारियों को इस सम्बध में पत्र जारी कर दिया है उन्होंने कहा कि कई गांवों में य्वा मंडल पहले से कार्य कर रहे है और जहाँ य्वा मंडल नहीं हैं वहां नए य्वा मंडलों का गठन किया जायेगा प्राने य्वा मंडलों को भी प्र्नजागृत कर उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची को जिला खेल एवं य्वा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय की य्वा शाखा मे सूचीबद्ध करवाने की हिदायत भी दी गई है ताकि नव गठित य्वा मंडलों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जा सके उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायती राज खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी नेहरू य्वा केन्द्र व जिला प्रशासन की विभिन्न इकाईयों से सहायता ली जाएगी और राष्ट्रीय राज्य जिला स्तरीय य्वा प्रस्कार विजेताओं को भी इस अभियान मे सम्मिलित किया जाएगा

इस भर्ती रैली मे य्द्व विधवाओं पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के बच्चे और सेवानिवृत व सेवारत सैनिकों के भाई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है